आज स्बह भारत सहित द्वनिया के कई देशों में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा गया हरियाणा के ग़ह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा अधिकांश सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को ऑन लाइन प्रणाली से देने वाला अग्रणी राज्य बन गया है भिवानी के मास्टर एथलेटिक् मनोज हालूवास ने राष्ट्रीय मास्टर खेलों में दो स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता हरियाणा पंजाब व चंडीगढ़ में ठंड और बढ़ गई है मौसम विभाग ने शीतलहर और तेज़ होने की संभावना है गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन कानून के बारे मे लोगों को ग्मराह करने का आरोप लगाया है आज कड़कड़ड्रमा में पूर्वी दिल्ली हब के विकास की आधारशिला रखने उपरान्त उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में एक नई कार्य संस्कृति शुरू की है

श्री शाह ने कहा कि सिक्ख विरोधी दंगों के कई बार कांग्रेस सरकार रही परन्त् कोई जांच नहीं कराई गई उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया और अब दोषी सलाखों के पीछे है ग़हमंत्री ने कहा कि झ्गीयों को मकानों में बदलने की अवधारणा सबसे पहले केन्द्र की इसी सरकार दवारा श्रू की गई उन्होंने बताया कि दिल्ली मे एक बड़ा साईकल पथ बनाने की भी योजना है और यम्नाके तटों पर सौंदर्यकरण का काम भी किया जा रहा है

जिसके जरिए य्वाओं से संपर्क किया जाएगा भाजपा के हरियाणा प्रभारी व राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन ने रोहतक में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रदेश भर में कानून के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा

संवाद कार्यक्रम होंगे और विचार गोष्ठियां होंगी जिले स्तर पर छोटी रैलियां भी होंगी श्री जैन ने बताया कि सामाजिक स्तर पर विभिन्न वर्गों से जनसंपर्क किया जाएगा और हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा

थल सेना प्रम्ख जनरल बिपिन रावत ने संसद द्वारा नागरिकता संशोधन के पारित होने उपरान्त भड़की हिंसा बारे पूछे गये एक सवाल के जवाब में कहा कि नेताओं को जनता को सही रास्ता दिखाना चाहिए उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र इस हिंसा में शामिल हो रहे है आज स्बह भारत सहित द्निया के अन्य कई देशो में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा गया ये ग्रहण वलयाकार था ऐस तब होता है जब चन्द्रमा सूर्य के केन्द्र के ढंक लेता है और सूर्य का केवल बाहरी किनारा नज़र आता है और रिंग आफ फार यानि वलयाकार को हता है दिल्ली मे सर्य ग्रहण सूबह आठ बजकर सत्रह मिनट से श्रू होकर दस बजकर छप्पन मिनट तक चला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ये सूर्य ग्रहण लाईव स्ट्रीम के जरिये देखा श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने विशेषज्ञों से वार्ता कर इस विषय पर ज्ञान अर्जित किया श्रदवाल्ओं ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर देशभर में निदयों और तालाबों में पवित्र स्नान किये

ये राष्ट्रीय प्रस्कार प्रत्येक वर्ष महिला सशक्तिकरण के लिए अदवितीय कार्य करने वाले व्यक्तियों समूहों तथा संस्थानों को दिये जाते है

आवेदन की अंतिम तिथि सात जनवरी है हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने य्वा कल्याण से ज्ड़ी सभी संस्थाओं और संगठनों का आहवान किया है कि वे य्वाओं में चरित्र निर्माण के कार्यक्रम को बढ़ावा दे ताकि राष्ट्र और समाज को और मजबूती मिल सके श्री आर्य राजभवन में हरियाणा यूवा आयोग के अध्यक्ष श्री यादवेन्द्र संध् से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि बच्चों और य्वाओं को औपचारिक व व्यावसायिक के साथ साथ नैतिक शिक्षा प्रदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है नैतिक शिक्षा के बल पर ही युवा देश के अच्छे नागरिक बन पाएगें और उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल होगी हरियाणा य्वा आयोग के अध्यक्ष श्री यादवेन्द्र संध् जो शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह के पौत्र भी है ने बताया कि प्रदेश में य्वा कल्याण से ज्ड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार य्वा आयोग का गठन किया गया है

हरियाणा के ग़ुह शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां अधिकांश सरकारी योजनाओं का लाभ ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से जनता को दिया जा रहा है सेवा के हर क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित करने वाला हरियाणा देश के प्रथम पंक्ति का राज्य बन गया है प्रदेश ने शिक्षा एवं द्रसरे विभागों में ऑनलाईन तबादलों सहित अन्य विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया लागू करके बहत बड़ी मिसाल कायम की है जोकि अन्य प्रदेशों के लिए भी अन्करणीय है श्री विज अम्बाला में लोगों की शिकायतें स्नने के उपरांत सरकार दवारा जनहित के लिए शुरू की गई सेवाओं की बात कर रहे थे विज ने कहा कि कृषि सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली एवं आधारभूत कार्यो को लेकर भी गांव गांव में ई दिशा केन्द्र खोलकर आमजन को बड़ी राहत दी है

आज शहीद उद्यम सिंह की जयंती पकर हरियाणाके यम्नानगर स्थित उद्यम सिंह पार्क में इनकी प्रतिमा पर पृष्प अर्पित किये

उधर अम्बाला छवानी के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में रन फॉर फन तथा स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया

वहीं पंचकुला में शहीद उद्यम सिंह के चित्र पर मालापर्ण करके प्ष्पाजंलि अर्पितकी गई इस बारे मे शहीद भगत सिंह जागृति मंच के जगदीश भगत ने शहीद उद्यम सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला आजादी के बाद महापंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री एंव उत्तर भारत के गांधी के रूप मे पहचाने जाने वाले डाक्टर गांपीचन्द भार्गव की प्ण्यतिथि पर उन्हे आज चंडीगढ़ के गांधी स्मारक भवन में समारोह कर याद किया गया